उन्होंने प्रधानमंत्री को सात व आठ नवम्बर को धर्मशाला में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों से अवगत करवाया बाल्दी ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने वाले देशों व संभावित निवेश के बारे में भी जानकारी दी प्रधानमंत्री ने निवेशक सम्मेलन में भाग लेने और प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने राज्य में और अधिक निवेश करने के सुझाव देते हुए पर्यटन कौशल विकास बागवानी और अन्य उद्योग आधारित संसाधनों पर ध्यान देने की बात भी कही जागरूकता सप्तााह केन्द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्तााह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार भेदभाव रहित व भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा विश्वकर्मा विश्वकर्मा दिवस आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर विश्वकर्मा अनुयायियों ने हवन यज्ञ कर अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की और भंडारों का भी आयोजन किया विश्वकर्मा तकनीक के देवता माने जाते हैं मान्यता है कि उन्होंने ही हाथ के हुनर से लोगों को कार्य करना सिखाया और विश्व की महान कृतियों को बनाने का श्रेय विश्वकर्मा को ही जाता है सोलन में विभिन्न कारीगरों ने कहा कि ये दिवस कारिगरों की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है वहीं गोवर्धन पूजा का त्यौहार भी आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास से मनाया गया इस मौके पर गाय बैलों की पूजा की जाती है इस पर्व को कुल्लू में अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है इस दिन नई फसल को पकाकर इसका भोग भगवान रघुनाथ जी को लगाया जाता है भगवान रघुनाथ जी के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह ने बताया कि सबसे पहले गाय को खाना खिलाया जाता है और बाद में भंडारे का आयोजन कर लोगों में प्रसाद बांटा जाता है

मुख्य अग्निशमन अधिकारी जेसी शर्मा ने शिमला में बताया कि ये घटनाएं पट्टाखों और शॉट सर्किट की वजह से हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई अग्निकांड की इन घटनाओं पर दमकल विभाग के कर्मियों ने समय पर काबू पाया जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है वहीं आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि दीपावली की रात आग से जलने के आठ मामले सामने आए है

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भाई बहन के स्नेह का ये पर्व समाज में एकता व भाईचारा लाने में सहायक सिद्ध होता है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भाई दूज का त्यौहार जहां भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है वहीं समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश भी देता है भाईदूज के मौके पर कल प्रदेश में महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा इस दौरान महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा भी मिलेगी पत्थर मेला शिमला के निकट धामी में आज पारम्परिक पत्थर मेले का आयोजन किया गया दो राजवंशों की परम्परा के अनुसार स्थानीय लोग कटेड् और कोठी जमोगी के नाम से दो दलों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं पत्थरबाजी तब तक जारी रहती है जब तक किसी एक व्यक्ति से खून नहीं निकल जाता खून निकलने के बाद उससे स्थानीय भद्रकाली माता को तिलक लगाया जाता है

मौसम प्रदेश में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है और दिन के समय अच्छी धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है

केलंग में आज न्यूनतम तापमान एक दशमलव पांच डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया